कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में तैयार को वैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किये जाने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है एम्स के डॉक्टर संजय राय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया ह डॉक्टर राय ने कहा कि पहले दिन ही पंजीकरण के प्रति उत्साह आश्चर्यजनक रहा

एण्ड इन रजिस्ट्रेशन हमने नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा

एम्स में परीक्षण के पहले चरण में एक सौ स्वस्थ व्यक्तियों को को वैक्सीन की खुराक दी जायेगी यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है

उन्होंने कहा कि रोगी और उसके परिवार को हाम आइसोलेशन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा

मुख्यमंत्री ने लखनऊ सहित कानपुर बस्ती प्रयागराज बरेली गोरखपुर बलिया झांसी मुरादाबाद और वाराणसी में चिकित्सकों की टीम भेजने के निर्देश दिये

इसके माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा कोरोना संक्रमण में कार्यकर्ताओं के द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन भी किया गया

उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक सेवा ही संगठन है जो कोरोना का वैश्विक चुनौती प्ररी द्रनिया के सामने और भारत के सामने आया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना के संक्रमण कमें सेवा काम किया है और उस दिशा में मास्क या लोगों को सैनिटाइजर बांटने का काम किया

यह सम्मेलन इसी दिशा में था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

इस साल मॉनसून के दौरान अब तक देश के ज्यादातर भागों में सामान्य से छह प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तेज वर्षा हुई जिससे यहां इस महीने अब तक सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई हल्की से भारी वर्षा के कारण कई जनपदों में जलभराव की सूचना है वहीं नेपाल से लगे क्षेत्रों में नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपूर खीरी के पलियाकलां घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिंन ब्रिज और बलिया तूर्तीपार तथा राप्ती नदी गोरखपुर के वर्ल्ड घाट और कुआनो नदी गोण्डा के चन्द्रद्वीप घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है आजमगढ़ कुशीनगर कौशाम्बी कानपुर नगर सहित कई जनपदों में भारी वषा दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के सभी स्थानों पर गरज और चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी वर्षा की संभावना जताई है

एक रिपोर्ट मथुरा में आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत विशेष पैकेज का लाभ किसान उठा रहे हैं यहां किसान फूल और अमरूदों की फसल कर रहे हैं और सरकार किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान दे रही है और वे लाभ कमाकर आत्मनिर्भर हो रहे है मथुरा के जिला उद्यान विभाग के योजना अधिकारी आदर्श सचान ने बताया आत्मनिर्भर जो हमारा अभियान है हमारी सरकार का उसमें हमारा विभाग बहुत बढ़चढ़ कर काम कर रहा है इसी क्रम में जैसे कि मथुरा जो जनपद है यहां पर पुष्प का अच्छा डिमांड रहता है तो फूलों के लिये जैसे गेंदा है या गुलाब है इसके लिये भी लोग यहां पे लाभान्वित किये जाते है इसके अलावा जैसे ग्रीन हाउस हो गया या पॉली हाउस हो गया तो इसके लिये भी हमारे यहां से प्रोग्राम और लक्ष्य मिले हुए है तो हम लोग विज्ञप्ति के माध्यम से किसानों को बोलते हैं कि आप लोग अपना आइये और आकर पंजीकरण करा कर इसका लाभ लीजिये

सरकार ने एक अच्छी खासी व्यवस्था की हुई है जिससे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मोहम्मद उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा आज श्रावण के तीसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के अवसर पर लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं

मंदिरों में प्रतिबंधों के तहत प्रवेश दिया गया पवित्र नदियों और जलाशयों में भी लोगों की काफी कम भीड़ देखी गई